इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देशभर में कई यादगार घटनाओं के प्रदर्शन की भी योजना बनाई गई है रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख शहीद जवानों को पुष्प चक समर्पित कर श्रद्वांजलि देंगे समूवे भारत में कई यादगार समारोह होंगे जहां युद्ध में शामिल बुजुर्ग जवानों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा राज्य के जैसलमेर में तनोट मार्ग पर स्थित विजय स्तंभ पर आज दीपमाला सजाई जाएगी विजय दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से विशेष कार्यकम रात सवा नौ बजे प्रसारित किया जाएगा

गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी

श्री तोमर ने कल नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश से आए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के साथ मुलाकात की यूनियन के नेताओं ने नए कृषि कानूनों का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे

इस दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे समारोह में राज्य सरकार की उपलब्धियों को वर्चुअल तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा और उपलब्धियों पर प्रकाशित साहित्य का विमोचन किया जाएगा

उधर भाजपा के प्रदेश में मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की सब योजनाओं को एक एक करके बंद करने का काम किया है श्री शर्मा ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश के अंदर कोई भी जनकल्याणकारी योजना जनता को लाभ देने वाली नहीं है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया में डेढ़ हजार अतिरिक्त पद जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले दिनों के मुकाबले उल्लेखनीय गिरावट आई है

देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर राज्य में दिखाई दे रहा है सर्दी में बढोतरी हो गई है शीतलहर और घने कोहरे से जन जीवन प्रभावित है